सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा चार अक्टूबर को राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक बाइस नये मामले सामने आये कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर आठ सौ चौसठ हो गई है राज्य में कोरोना संक्रमण के नब्बे हजार से अधिक सैम्पल की जांच की गई है जिसमें सतहत्तर हजार से अधिक रिपोर्ट आ गई है तीन सौ नब्बे लोगों को अस्पताल से छट्टी दे दी गई है

यह भारत में एक दिन में सबसे अधिक आने वाले मामले हैं

मृत्यु दर दो दर्शमलव आठ प्रतिशत है

राज्य में सभी धार्मिक स्थिल तीस जून तक बंद रहेंगे

राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कंटेनमेंट जोन से बाहर अनुपालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं नए दिशा निर्देशों के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी निजी वाहन टैक्सी और कैब को राज्य में प्रवेश के लिए ई पास देना अनिवार्य होगा सार्वजनिक स्थलों कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना या चेहरा ढकना भी अनिवार्य होगा किसी भी राजनीतिक खेलकूद मनोरंजन सांस्कृतिक शैक्षणिक धार्मिक और सामाजिक जमावडे की अनुमति नहीं होगी तम्बाक और तम्बाक उत्पातदों का उपयोग तथा सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकना दंडनीय अपराध माना जाएगा नए दिशा निर्देश का उद्देश्य भीडभाड़ को रोकना और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है

इसके साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप बचाव का सबसे बढिया सुलभ और प्रामाणिक उपाय हमारे पास है उपराजधानी दुमका में बड़ी संख्या में लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है और कोरोना संक्रमण से अपना और अपने परिवार के लोगों का बचाव कर रहे हैं शहर के कई लोगों ने इस एप्प को डाउनलोड किया है द्रमका शहर के रसिकप्र मोहल्ले के रहने वाले सीनियर सिटिजन बीके सिन्हा ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है वे बताते हैं कि यह ऐप उनके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो रहा है वे दूसरों से भी इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील करते हैं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

गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रमेश चंद्र प्रसाद को पांच हजार रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है

एसीबी की टीम के सदस्यों ने बताया कि अपने कार्यालय में रूपये लेने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने निगरानी टीम के सदस्यों को देखा अपने पॉकेट में रखे रिश्वत की रकम को अपने कार्यालय के टॉयलेट बहा दिया निगरानी की टीम ने केमिकल के रंग के आधार पर रिष्वत लेने की पुष्टि की है संघ लोक सेवा आयोग ने आज कई परीक्षाओं के लिए संषोधित तिथि जारी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा चार अक्टूबर को ली जायेगी मुख्य परीक्षा अगले वर्ष आठ जनवरी को होगी

लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है

प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सुचित किया जाएगा

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में हैं राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई बिरसा हरित योजना के बारे में श्री सोरेन ने कहा कि सरकार प्रकृति के संरक्षण के जरि प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है

विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को संजग बनाना है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है श्री जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के आठ प्रतिशत हिस्सी को अपने यहां संरक्षित करने में सफल रहा है इसमें प्रकृति के सभी पहलुओं के प्रति आदर भाव रखने की देश की समुद्ध संस्क्रोति की बड़ी भूमिका रही है श्री जावडेकर ने इस अवसर पर शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया

इनमें निगम क्षेत्रों में ठोस कचरे को इकट्टा करने की सुविधाओं कचरा भराव क्षेत्र में सुधार तथा ऑन साइट और ऑफ साइट सीवेज प्रबंधन से जुड़े परामर्श शामिल हैं आयुष मंत्रालय ने आज माई लाइफ माई योगा इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा शुरू की है विजेताओं को एक लाख रूपये तक का नकद इनाम दिया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया था कि इस प्रतिस्पर्धा में विश्वर भर से कोई भी भाग ले सकता है उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते प्ररी द्वनिया ने योग और आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दिखाई है माई लाइफ माई योगा प्रतिस्पर्धो में भाग लेने वालों से कहा गया है कि वे आयुष मंत्रालय को टैग करते हुए तीन मिनट का अपना वीडियो सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्टर करें उन्हें यह वीडियो ब्लॉग शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेपटफार्म के कमेंट सेक्शन में हैशटैग माई लाइफ माई योगा करना होगा

इसका प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जायेगा

एशियाई फुटबाल परिसंघ की महिला फुटबाल समिति की बैठक के बाद भारत को अपने देश में यह टूर्नामेंट आयोजित करने का अधिकार दिया गया

विश्व पर्यावरण दिवस पर हजारीबाग में नए बन रहे समाहरणालय परिसर में उपायुक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने करीब एक दर्जन से अधिक पौधा लगाया उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने नाम से वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाने का प्रयास करें